उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तालाबंदी की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों का पूरा वेतन न देने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई कार्रवाई न की जाये

मंत्री ने कहा कि ये दोनो फैसले बकाया वसूलियों का निपटान करने के लिए किये गये है

उच्च्तम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निजी कंपनियों जो तालाबंदी की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई उसके खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई सख्त कार्रवाई न की जाये न्यायाधीश अशोक भूषण न्यायाधीन संजय किशन कौल और न्यायाधीश एम आर शाह ने कहा कि औदयोगिकी कंपनियों और कर्मचारियों को वेतन के मूददे पर मिल बैठ कर कोई फैसला कर लेना चाहिए न्यायालय ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि उन्हे मालिकों और कर्मचारियों की वेतन के मामले के समाधान के लिए मदद करनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट श्रम आयुक्तों के कार्यालय में जमा करवानी चाहिए

इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी हरियाण की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि राज्य कोरोना वायरस के कारण उत्पन होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है

मुख्य सचिव ने कंटेनेमेंट ज़ोन की निगरानी के बारे मे सम्बधित अधिकारियों को निर्देश देते हये कहा कि इन क्षेत्रों मे आने और जाने की सीमा निर्धारित करने के साथ साथ सम्पर्को का पता लगाने और नैदानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाये

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता राज्य मंत्री रत्तन लाल कटारिया के साथ प्राचीन काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेका इसके बाद मुख्यमंत्री कालका के ऐतिहासिक ग्रुद्वारा सिंह सभा साहेब भी गए वहां पर उन्हें सिरोपा भी भेंट किया गया इससे पहले मुख्यमंत्री ने मोरनी खण्ड के चंडी का बास गांव के चंडिबास मंदिर में भी माथा टेका और कालका में ही बाला जी मंदिर में भी माथा टेका

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्च्अल रैली में तमाम म्द्दों पर चर्चा होगी साथ ही साथ कोरोना संकट से बचाव को लेकर भी आहवान किया जाएगा परिवहन मंत्री आज सिरसा के विधायक एवं प्र्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के आवास पर शोक व्यक्त करने आए थे गोपाल कांडा की माता श्रीमती राधा देवी का पिछले दिनों निधन हो गया था उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सर्वाधिक मुआवजा देने और सरकारी नौकरियों में भाई भतीजा वाद को खत्म करने का काम किया है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शुरू किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा द्वारा इस रैली पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि आज जो विरोध कर रहे हैं कल ख्द ऐसी ही रैली करते नज़र आएंगे उन्होंने केंद्र सरकार द्रसरे कार्यकाल के एक वर्ष को उपलब्धियों से भरा हआ बताया

सांसद चरखी दादरी के रेस्ट हाऊस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे सांसद ने कहा कि कोरोना को खत्म करने के लिए आमजन को जागरूक होने की जरूरत है

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्लिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के गांव भाजलका में छापामारी कर गांजे के सात प्लासटिक बैग जब्त किये जबकि मकान मालिक सोहराब और उसके परिवार के सदस्य फरार है प्लिस ने सभी आरोपियों की तलाश श्रू कर दी है